सिक्किम तारीफ कोरोना संक्रमण के इस काल मे मध्यप्रदेश के अफसरों की तारीफ अब सिक्किम में भी हो रही है सिक्किम के म्ख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने एक पत्र प्रदेश के म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखकर विशेष तौर पर जबलप्र एसडीएम आशीष पांडे की तारीफ की गौरतलब है कि एक लेफ्टिनेंट की मध्यप्रदेश मे मौत हो गई थी

मामले की सूचना पर कलेक्टर भरत यादव ने एसडीएम आशीष पाण्डे को अंतिम संस्कार और आगामी कार्यवाही का ज़िम्मा सौंपा था

भेजने के पूर्व इन सभी मजदूरो का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते ह्ये उन्हें खाना पानी मास्क भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है

उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों पर ही अल स्बह ईद की नमाज अदा की रतलाम खंडवा इंदौर भोपाल में भी बोहरा समाज द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हए सादगी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है वहीं सऊदी अरब ने घोषणा की है कि आज रमजान के महीने का आखिरी दिन है और ईद उल फित्र रविवार को होगी हालांकि रॉयल कोर्ट ऑफ किंगडम ने कहा है कि रमजान के बाद पड़ने वाले शावल माह का नया चांद नहीं देखा गया है लिहाजा रमजान के तीस रोजे पूरे होने के बाद कल ईद मनाई जाएगी भारत में बाकी म्स्लिम सम्दाय चांद दिखने के बाद सोमवार को ईद मनाएगा

इसमें हरिद्वार इलाहाबाद सौरोंजी से पहले लोग अपने परिवार के दिवंगत लोगों की अस्थि रख सकेंगे कटनी में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने अग्रिम पंक्ति के करोना वारियर्स के लिए किट सेनेटाइजर गलवस मास्क हेड मास्क प्रदान किया